केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को देशभर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए उन्होंने पहले जारी किये गये आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है गृह सचिव ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि जिला अधिकारी और अन्य एजेंसी इस संबंध में पूरी तरह से अवगत हों मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आयुर्वेद विभाग द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार किए गए क्वाथ काढ़े का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये आयुर्वेदिक काढ़ा प्रतिरक्षण तंत्र को मजबूत करने में सहायक होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काढ़े को डॉक्टर पैरा मैडिकल स्टॉफ पुलिस व अन्य कोरोना योद्धाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों और प्रदेश में कोरोना मुक्त हुए सभी लोगों को निशुल्क प्रदान किया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन और मन की बात कार्यक्रम में भी लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर व पुलिस कर्मियों सहित अन्य कोरोना योद्वाओं को ये काढ़ा वितरित किया जयराम राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान लोगों के आवागमन में कमी लाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित बनाई जा रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि प्रदेश में खाद्य सामग्री दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है और सभी वस्तुओं की निर्बाध व निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है

श्रम दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है इसे मजदूर दिवस या मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है इस दिन को मजदूरों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूर हमेशा समाज की मजबूती के लिए काम करता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को हर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है बरागटा मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने आज शिमला मे मुख्यमंत्री जयराम ठाकर से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने राज्य में विशेषकर शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि से सेब व चैरी की फसलों को हए नुकसान से अवगत करवाया बरागटा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि नुकसान का जल्द आकलन करने के निर्देश दिए जाएं ताकि किसानों बागवानों की फसलों की क्षतिपूर्ति की जा सके उन्होंने बागवानों के बैंक ऋणों की वसुली पर भी फिलहाल रोक लगाने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया बरागटा ने प्रदेश में अधिक से अधिक सीए स्टोर और प्रोसेंसिंग प्लांट स्थापित करने का सुझाव भी दिया ई लर्निंग प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन व कर्फ्यू के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रखने के लिए विभिन्न ऑनलाईन माध्यमों से ई लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है

कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों ने इस माध्यम को पढ़ाई के लिए एक कारगर कदम बताया है सरकार आकाशवाणी के माध्यम से भी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रदान करने को प्रयासरत है महिला सुविधा कांगड़ा जिले मे पालमपुर प्रशासन ने कफ्यू व लॉकडाउन के दौरान महिलाओं की सहायता के लिए विशेष पहल करते हुए महिला सुविधा सेवा केंद्र के नाम से हैल्पलाईन शुरू की है इस हैल्पलाईन का नम्बर सात छह चार नौ नौ आठ छह शून्य शून्य शून्य है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये हैल्पलाईन महिलाओं के लिए कारगर सिद्ध हो रही है और इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं हैल्पलाईन के माध्यम से महिलाओं की जरूरत का सामान उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से मरीजों द्वारा सम्पर्क करने पर उन्हें दवाईयां भेजी जा रही हैं

उपायुक्त ने कहा कि दवाईयों की होम डिलीवरी के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निशुल्क हेल्पलाईन नम्बर एक शून्य सात शून्य पर सम्पर्क किया जा सकता है